मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें पश्पालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय ने बर्ड फ्लू से प्रभवित राज्यों को बीमारी को फैलाव रोकने को लिए परामर्श जारी किया है बयान में कहा गया है कि राज्यों के पशुपालन विभागों का स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद होना चाहिए जलाशयों मुर्गा मंडियों चिड़ियाघरों मुर्गी फार्मो पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए तथा मरे हुए पक्षियों के शरीर का उचित निपटारा किया जाना चाहिए गौरतलब है कि राजस्थान सहित सात राज्यों में एवियन इंफ्लूऐंजा की पुष्टि हो चुकी है

इनमें ज्यादातर कौवे हैं मोर तथा कुछ अन्य पक्षियों की भी मृत्यु हुई है पशुपालन विभाग का कहना है कि इस वायरस का संकमण अभी मुर्गियों में नहीं फैला है प्रदेश में खनन से सम्बन्धित मुददों के त्वरित निस्तारण के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग खान विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर एक निजी कंपनी के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता तकनीक पारदर्शिता और इन्वेस्टमेन्ट फ्रेंडली नीति के साथ काम करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को नीतियों और फैसलों की जानकारी मिल सके इसके लिए एक प्रभावी अभियान भी चलाया जाएगा

बैठक में केबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में बताया गया इस बीच केन्द्रीय सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये समी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोरोना की मौजूदा स्थिति और वैक्सीन लगाने से पूर्व की सभी तैयारियों का भी जायजा लिया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

आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग ने बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की है आज का प्रश्न है क्या यह वैक्सीन सुरक्षित होगी क्योंकि इसे बहुत कम समय में बनाया गया है इसका जवाब है सुरक्षा और प्रभाव के डेटा की जांच के आधार पर मंजूरी के बाद ही नियामक निकायों द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी

तीन जिलों च्रू श्रीगंगानगर और जालौर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

पूर्व कोन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ संतीश पूनिया ने कल आमेर विघानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कों के उन्नयनीकरण कार्य का शिलान्यास किया उन्होंने जालसू पंचायत समिति के सभी नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ ग्राम विकास योजना को लेकर संवाद भी किया कर्नल राज्यवर्धन ने संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरपंच जनप्रतिनिधि अपना कार्य और अच्छे तरीके से कर सकें स्वायत शासन और आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने आमजन की सुविधा के लिए कल जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए का मोबाइल एप लांच किया यह एप गूगल प्ले स्टोर और आईफोन एप स्टोर पर उपलब्ध होगा जिस पर जेडीए की सभी सुविधाए उपलब्ध होगी एप को सरल सात खण्डों में विभाजित किया गया है

इस बीच कल भी अधिकतर जिलों में बादल छाये रहने और कोहरे की वजह से तेज ठंड का प्रकोप रहा दिनभर चली शीतलहर ने ठिदुरन बढा दी और रात में भी सर्द हवा चली